प्रधानमंत्री संबोधन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ पिछले दिनों देश की सरकार और सेना के प्रयासों ने भारत के कौशल और विदेश नीति के प्रभाव को उजागर किया है नई दिल्ली में कल रात एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नया भारत निर्भय साहसी और निर्णायक क्षमता वाला देश है सवा सौ करोड़ भारतीयों के पुरूषार्थ उनके विश्वास के साथ देश आगे बढ़ रहा है भारतीयों की इस एकजुटता ने ही देश के भीतर और बाहर क्छ देश विरोधी लोगों में एक डर पैदा किया है आज जो ये वातावरण बना है मैं यही कहूंगा कि यह डर अच्छा है श्री मोदी ने कहा कि अब भारत अत्यंत विकसित देश है और इसे धमकी देने का दुस्साहस कोई नहीं कर सकता उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों के खून की हर एक बूंद अनमोल है उन्होंने कहा कि भारत अपनी कुशलता और संसाधनों से आगे बढ़ रहा है और अपनी कमजोरियों को दूर करने का प्रयास भी कर रहा है

स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन सॉफ्टवेयर के समापन समारोह को वीडियो कांफ्रेंस से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा वैश्विक नवाचार सूची के मामले में भारत इस समय संतानववें स्थान पर है जबकि वर्ष दो हजार चौदह में भारत इकयासीवें क्रम पर था श्री मोदी ने कहा कि पिछले क्छ वर्षों के दौरान अनेक नवाचार शुरू किए गए हैं इनके जरिये भारत का लक्ष्य दुनिया के पहले पच्चीस देशों में स्थान बनाना है गौरतलब है कि देश के अड़तालीस नोडल केन्द्रों में छत्तीस घंटे का यह आयोजन एक साथ चल रहा है जिसमें करीब दो लाख विद्यार्थी भाग ले रहे हैं जगदलपुर राउरकेला एक्सप्रेस जगदलपुर से राउरकेला तक चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को आज जगदलपुर के स्थानीय सांसद दिनेश कश्यप ने झण्डी दिखाकर रवाना किया यह ट्रेन जगदलपुर से हर दिन दोपहर एक बजे रवाना होगी पहले यह ट्रेन राउरकेला से कोरापुट तक चलती थी बीते तेईस जनवरी को इसका विस्तार जगदलपुर तक कर दिया गया था आज औपचारिक तौर पर बस्तर के सांसद दिनेश कश्यप ने इसे रवाना किया इस मौके पर श्री कश्यप ने कहा कि बस्तर जिले में जगदलपुर से किरन्दुल के बीच सभी स्टेशनों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा उन्होंने कहा कि रावघाट जगदलपुर रेल लाईन के पहला चरण का कार्य भी पूरा होने को है इसके तहत जगदलपूर से कोण्डागांव के बीच प्रभावितों को मुआवजे का वितरण किया जा रहा है बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री कश्यप ने बताया कि उड़ान योजना के तहत एक क्षेत्रीय एयरलाइन्स की दो उड़ानें जल्द शुरू होर्न वाली हैं इनमें से एक उड़ान रायपुर जगदलपुर विशाखापटनम के बीच होगी वहीं दूसरी उड़ान भुवनेश्वर से जगदलपुर होकर हैदराबाद के लिए संचालित होगी दीक्षांत समारोह पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह आज बिलासपुर में आयोजित किया गया राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस समारोह में विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमो में पहला स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए साथ ही विभिन्न परीक्षाओं में सफल विद्यार्थियों को उपाधियां वितरित कीं इस बीच पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह कल रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम में सुबह दस बजे आयोजित किया जाएगा इसी सभागार में कल दोपहर तीन बजे क्शाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह भी होगा इन दोनों समारोहों की अध्यक्षता राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल करेंगी

इसी कड़ी में कांग्रेस द्वारा आगामी पांच से आठ मार्च के बीच प्रदेश के ग्यारह लोकसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का संकल्प शिविर आयोजित किया जाएगा प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री शैलेष नितिन त्रिवेदी ने बताया कि इस शिविर में विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ कमेटी के दस पदाधिकारी शामिल होंगे इन शिविरों के माध्यम से पार्टी की रीति नीति इतिहास विचारधारा सिद्धांत और प्रदेश की वर्तमान सरकार की उपलब्धियों तथा जनकल्याणकारी योजनाओं से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया जाएगा

परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों को तनाव से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इसी के तहत मंडल ने विशेषज्ञ के रूप में सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अर्चना वर्मा को विद्यार्थियों के विभिन्न प्रश्नों के समाधान की जिम्मेदारी सौंपी है

इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे पुलिस संवेदना अभियान प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के विरूद्व होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए संवेदना अभियान चलाया जाएगा पुलिस महानिदेशक डी एम अवस्थी ने अटल नगर स्थित पुलिस मुख्यालय में सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों को और ज्यादा गंभीर तथा संवेदनशील होने की आवश्यकता है गौरतलब है कि संवेदना अभियान के तहत पुलिस मुख्यालय में पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वर्षा मिश्रा को नोडल अधिकारी बनाया गया है श्री अवस्थी ने बताया कि राज्य के सभी जिलों में इसी तरह नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे साथ ही सभी थानों में महिला प्रकोष्ठ का गठन भी किया जाएगा स्वच्छता प्रस्कार स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय प्रस्कार के लिए चुना गया है यह पुरस्कार आगामी छह मार्च को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाएगा स्वच्छता सर्वेक्षण के क्षेत्र में मिलने वाले इस पुरस्कार को प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ग्रहण करेंगे चित्रकोट महोत्सव तीन दिनों तक चलने वाला चित्रकोट महोत्सव आज से शुरू हो गया है

इस महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा खेलकूद की स्पधाएं भी होंगी

इस बार चित्रकोट महोत्सव में प्रदेश के लोक कलाकारों के अलावा पड़ोसी राज्य आन्ध्रप्रदेश और ओडिशा के कलाकार भी अपनी प्रस्तुति देंगे बस्तर संभाग की विभिन्न लोक संस्कृति के प्रदर्शन के लिए सभी सातों जिलों के लोक कलाकारों के मध्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की स्पर्धाएं रखी गई हैं

इस अवसर पर देशभर के महादेव मंदिरों और शिवालयों में रूद्राभिषेक सहित विशेष पूजा अर्चना की जाती है वहीं माधी पूर्णिमा से शुरू हुए राजिम माधी पुन्नी मेले का भी कल समापन होगा इस मौके पर कल प्रातः काल से ही देशभर के विभिन्न अखाड़ों और मठों से आमंत्रित साधु संतों और श्रद्दालुओं द्वारा पुण्य स्नान का सिलसिला शुरू हो जाएगा इसके लिए मेला स्थल पर विशेष इंतजाम किए गए हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाशिवरात्रि पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं मौसम प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखा जा रहा है गर्मी शुरू होने से पहले आज सुबह राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार इस समय राजस्थान के ऊपर एक चक्रवात बना हुआ है इस वजह से तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार है संक्षिप्त समाचार राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्यकारिणी का नए सिरे से गठन किया है इनमें शिक्षा से जुड़े पंद्रह सदस्यों के अलावा पांच विधायक भी शामिल हैं रायपुर जिले में आगामी पांच मार्च को होने वाली नवमीं और ग्यारहवीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं परीक्षा में एकरूपता लाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से इन परीक्षाओं के लिए नई तिथि तय की जाएगी